राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल इस आशय की सिफारिश कोन्द्र सरकार को भेजी थी मंत्रिमंडल की अनुमोदन के बाद ये सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी गई जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहेर लगा दी राज्यपाल का मानना था कि प्रदेश में संविधान के अनुरूप सरकार का गठन नहीं हो सकता था इस बीच कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेता अहमद पटेल केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जून खड़गे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुम्बई में मुलाकात की कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा है कि बीज विधेयक और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक से किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी तथा नकली उत्पादों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जायेगा श्री रुपाला ने नई दिल्ली में भारतीय कृ षक समाज की ओर से बीज और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर आयोजित परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए कहा कि नकली बीज और कीटनाशकों के प्रयोग से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और और अगली फसल के लिए उन्हें फिर एक साल का इन्तजार करना पड़ता है सरकार संसद के अगले सत्र के दौरान इन दोनों विधेयकों को पेश कर सकती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का अंतिरिक्त पदभार सौंपा है शिवसेना के अरविंद सावंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कारण यह पद खाली हुआ था

उच्चतम न्यायालय आज भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का कार्यालय सूचना के अधिकार आरटीआई कानून के दायरे में आयेगा या नहीं इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसला देगा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खेन्ना की संविधान पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कल एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गयी है संविधान पीठ ने इस मामले में चार अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था केन्द्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कल उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव दृष्टिपत्र जारी किया इस अवसर पर उन्होंने दृष्टि पत्र में शामिल महत्वपूर्ण बिन्दुओं की संवाददाताओं को जानकारी दी

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है